राज्य में कल से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू होने जा रही है सभी परिवारों को हर साल पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि लखवाड़ व्यासी परियोजना को शुरू करने के लिए अगले महीने केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती पर राज्यभर में उन्हें याद किया गया स्लग अटल सिक्का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आज एक स्माररक सिक्का जारी किया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 उन्होंने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनका आदर करते थे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 श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वे धैर्य खो देते हैं अटल जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे लेकिन उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों की बात की और कभी इस पर समझौता नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि अटल जी लोकतंत्र को सर्वोच्च मानते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढियों को प्रेरणा देता रहेगा

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई जायेगी स्लग आयुष्मान योजना राज्य में कल से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू होने जा रही है इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहां सभी प्रदेश वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ये योजना शुरू की जा रही है राज्य के सभी परिवारों को हर साल पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी इस तरह राज्य के लगभग तेईस लाख परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी स्लग विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने विकास नगर में राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि वे राज्य में हर स्तर पर संस्कृत भाषा को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं इसके लिए वे हर संभव प्रयास भी करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संस्कृत भाषा में रचे गये वेद पुराण उपनिषद रामायण और भगवद्गीता जैसे महाग्रंथों के कारण ही भारत विश्वगुरु बना श्री अग्रवाल ने कहा कि वेदों के प्रचार प्रसार अध्ययन और अनुसंधान के लिए दो दिवसीय वेद सम्मेलन का आयोजन सराहनीय पहल है आधुनिक युग में वेदों के आध्यात्मिक धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को जन मानस के सामने लाना होगा उन्होंने कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व शांति और सदभाव के लिए चारों वेदों का पाठ किया जाएगा स्लग मौसम उत्तराखंड में लगातार शीतलहर चल रही है इस कारण पर्वतीय जिलों में कड़ाके की ठंड है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट है देहराद्रन में आज ठंडी हवाए चलने से सुबह और शाम के वक्त जबर्दस्त ठंड पड़ रही है देहरादून का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री तक आ गया है मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो तीन दिन में तापमान में और गिरावट आ सकती है

मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक ऊंचे हिमालयी पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है मैदानी इलाकों में सुबह और शाम को ध्रंध रहने का अनुमान है इस बीच कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं उधर ठंड बढ़ने के साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाजारों में भीड़ पर असर पड़ा है चिकित्सकों ने लोगों से सूखी ठंड से बचने के लिए ऐहतियात बरतने को कहा है

तीस दिसंबर तक चलने वाले इस कार्निवल में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है कार्निवल की तैयारियों का जायजा लेने मसूरी पहुंचे जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन ने पत्रकारों को बताया कि मसूरी विन्टरलाईन कार्निवल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्थानीय व्यापारियों की आर्थिकी भी मजबूत होगी इसके अलावा कार्निवल के माध्यम से राज्य की संस्कृति कला एवं क्षेत्रीय उत्पादों से भी देशी विदेशी पर्यटक रूबरू होंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिछले बयालिस वर्षो से लम्बित और सात राज्यों के बीच उलझी चालीस हजार करोड़ की लखवाड़ व्यासी परियोजना शुरू होने वाली है तीन सौ मेगा वाट की इस बहउद्देश्यीय परियोजना को केंद्र सरकार से अगले महीने तक स्वीकृति मिल जायेगी उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसाऊ और रेणुका परियोजना भी जल्द ही धरातल पर दिखायी देगी साथ ही त्यूणी पलासी जल विद्युत परियोजना पर भी सहमति बनी है श्री रावत ने कहा कि इन परियोजनाओं पर कार्ये शुरू होने से करोड़ों का निवेश इस क्षेत्र में आयेगा इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगें मुख्यमंत्री ने रविवार को कालसी में यमुना शरदोत्सव के मौके पर ये बातें कहीं उन्होंने कालसी शरदोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही मेले के आयोजन के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा भी की स्लग इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले महान आंदोलनकारी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती राज्यभर में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनायी जा रही है टिहरी में इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने हमेशा पहाड़ी राज्य के लिए संघर्ष किया उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हमें अलग राज्य मिला है वक्ताओं ने कहा की सरकार पूरे प्रदेश के तेरह जनपद मुख्यालयों में स्वर्गीय बडोनी जी की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए उधर टिहरी में उनके पैत्रिक गांव अखोर्डी में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर जागर गायक प्रीतम भरतवाण और मंजू सुन्द्रियाल ने जागर और लोकगीत प्रस्तुत किए स्लग सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिये रविवार को तारीखों का ऐलान कर दिया बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पंद्रह फरवरी से तीन अप्रैल के बीच और दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा इक्कीस फरवरी से उनतीस मार्च के बीच होंगी सीबीएसई ने परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त देते हुए परीक्षा से सात सप्ताह पहले ही परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तारीखें इस तरह से तय की गईं हैं कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से इनका कोई टकराव न हो पिछले वर्ष बोर्ड को बारहवीं की भौतिक विज्ञान की परीक्षा की तारीख बदलनी पड़ी थी क्योंकि इसी दिन जेईई मुख्य परीक्षा भी थी

परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा डेटशीट तैयार करते वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यक्रम का भी ध्यान रखा गया है उन्होंने बताया कि परिणामों की घोषणा जून के पहले सप्ताह में की जाएगी

ज्वाल्या घाट पर उसके चाचा ने उसे मुखाग्नि दी नेहा के घर में उसकी माँ और बहन हैं नेहा का शव कल देररात पल्ली गाँव पहुंचाया गया जहां राजस्व पुलिस के अधिकारी पहले ही तैनात किये गये थे आज पौडी के जिलाधिकारी सुशील कुमार भी उनके घर पहुंचे जहां उन्होंने दिवंगत नेहा के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में सांत्वना दी साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पौड़ी के पल्ली गांव की छात्रा नेहा को एक युवक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई छात्रा के अंतिम संस्कार में जिले के आला अधिकारी और विधायक शामिल हुए छात्रा के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने शोक जताया है संक्षिप्त समाचार विधायक करन माहरा ने विधायक निधि से रानीखेत राजकीय आदर्श बालिका इण्टर कालेज को चार लाख रुपये देने की घोषणा की जिसमें डेड़ लाख रूपये सीसीटीवी के लिए और बाकी ढाई लाख अन्य विकास कार्यों के लिए दिए गए रुद्प्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने जनता दरबार का आयोजन किया इस अवसर पर जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से आए फरियादियों ने पचपन शिकायतें दर्ज कराई जिसमें से तीस शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बाकी शिकायतों को तय समय सीमा में दूर करने के निर्देश दिये